दिल्ली के निगमबोध घाट पर कल होगा अंतिम संस्कार

राज्य में दो दिनों का राजकीय शोक

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया वे सड़सठ वर्ष के थे उनका एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था जहां उन्होंने आज दिन में बारह बजकर सात मिनट पर अंतिम सांस ली उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर बाद नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जायेगा अरूण जेटली प्रखर राजनेता और सहृदय व्यक्तित्व के तौर पर सदैव याद किये जायेंगे एक श्रद्वाजंलि बाईट भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वे नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली सरकार में वित्तमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किया अरुण जेटली ने रक्षा कम्पनी मामलों वाणिज्य और उद्योग कानून और न्याय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपने काम की छाप छोड़ी

अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते सरकार ने नोट बंदी और माल और सेवाकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये थे उनके नेतृत्व में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी अरुण जेटली के कार्यकाल में ही हुआ जीएसटी की दरों में हुए बहुत से परिवर्तन भी उन्हीं की सफल निगरानी में हुए दिवालिया हुई कम्पनियों से जुड़ी दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी कोड भी उन्हीं के कार्यकाल में तैयार हुई अरुण जेटली ने पिछले दो दशकों से अधिक के समय में भारतीय जनता पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार रहे और दशकों तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की रणनीति तैयार करते रहे अरूण जेटली के पार्थिव शरीर को उनके आवास ले जाया गया है जहां विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बताया है कि उनके पार्थिव शरीर को कल सुबह दस बजे भाजपा मुख्यालय ले जाया जायेगा जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे अरूण जेटली के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त करते हुये कहा कि विद्वान अधिवक्ता कुशल सांसद और मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री जेटली के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि अरुण जेटली विराट राजनेता उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे वे शानदार नेता थे जिन्होंने भारत के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली की पत्नी और पुत्र से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अरूण जेटली को अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए हमेशा याद किया जायेगा श्री सिंह ने अरूण जेटली के निधन को स्वयं के लिए निजी क्षति बताया है बाईट उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए यहां पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है उन पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है मैं बराबर यह कहता रहा हूं कि सचमुच अरूण जेटली जी जैसा व्यक्ति पार्टी के लिए एसेट हैं गवर्नेमेंट के लिए भी एसेट हैं ओर वो देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट हैं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गिरीराज सिंह अश्विनी कुमार चौबे नित्यानंद राय आर के सिंह रामविलास पासवान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अरूण जेटली के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है राज्य सरकार ने पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस बीच मुख्यमंत्री का आज गया में प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कल होने वाली सदस्यता समीक्षा बैठक और चुनाव अधिकारियों की कार्यशाला स्थगित कर दी गयी है गृह मंत्रालय ने बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हुये नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केन्द्रीय टीम का गठन किया है ये अंतर मंत्रालय केन्द्रीय दल बाढ़ प्रभावित राज्यों में मौके पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करेगा अभी तक केन्द्रीय दल संबंधित राज्यों से मांग किए जाने पर ही दौरा करते थे यह केन्द्रीय दल बाढ़ से हुए नुकसान और चलाए गए राहत कार्यों का जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को देगा ताकि अतिरिक्त धन आंवटित किया जा सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सब्रह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के द्रसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह तीसरा संस्करण होगा मन की बात का आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन पर प्रसारण होगा साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में अत्यधिक बारिश से जन जीवन प्रभावित हुआ है रोसड़ा में इक्कीस सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी वहीं पटना जिले के बाढ़ में आठ सेंटीमीटर दरभंगा के जाले में छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी जहानाबाद जन्दाहा त्रिवेणीगंज और निर्मली में पांच पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर पूर्णियां समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान रूक रूक कर बारिश होगी कई स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश की सम्भावना है उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों में भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है राज्य के कई क्षेत्रों में गंगा खतरे के निशान के आस पास बह रही है बक्सर पटना बेगूसराय समस्तीपुर मुंगेर और भागलपुर जिले में नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर कटिहार जिले के अमदाबाद थाना क्षेत्र में बबलाबन्ना उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंगा के कटाव के कारण नदी में विलिन हो गया

पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौंआ गांव के एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने दो लाख बयालीस हजार रूपये लूट लिये जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता ख्वाजा शाहिद ने राज्य सरकार से कटिहार जिले के बारसोई बलरामपुर कदवा आजमनगर प्रखंडों में बाढ़ राहत राशि और फसल क्षतिपूर्ति के लिए अविलंब राशि देने की मांग की है मधुबनी जिला के कलुआही के ढंगा निवासी योगरत्न रवि व्योम शंकर झा ने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हैट्रिक लगाया है वे लगातार तीन बार अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने में सफल हुये हैं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सिंहवारा थाना के अध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया वहीं जिले के सकतपुर के थानाध्यक्ष और तिलकेश्वर सहायक थाना के अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है

दिल्ली के निगमबोध घाट पर कल होगा अंतिम संस्कार

राज्य में दो दिनों का राजकीय शोक